रैली में केन्द्रीय विधि व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद व केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लम्बे समय बाद केन्द्र में एक ऐसी मजबूत सरकार आई है जिस पर जनता को पूरा विश्वास है उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही भारत सुरक्षित है

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और देशभर में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री ने सरकार की सराहना की है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि न झुकेंगे न थकेंगे दिन रात काम करते रहेंगे ये भाजपा का संकल्प है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिमकेयर और हिमाचल गृहिणी जैसी लोकहित से जुड़ी योजनाएं शुरू कर प्रदेश सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएगा

वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद ठाक्र ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन स्थापित कर कृषि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ पंचायत स्तर पर लोगों को आजीविका व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है

राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत में होने वाले नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन शानदार रहेगा उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं राठौर ने ठियोग नगर परिषद में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक थापर के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर भी खुशी व्यक्त की है जमाखोरी किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि लोगों को उचित मूल्य पर आसानी से वस्तुएं मिल सकें उन्होंने इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग को नियमित रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं मॉनसून तैयारी कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आगामी मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को अभी से उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक सड़क मार्गों की समय पर मुरम्मत व विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिले में सभी लाईनों का निरीक्षण करने को कहा

पहले चरण में आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काढ़ा वितरित किया था उपायुक्त केके सरोच ने बताया कि ये दवा सफाई कर्मचारियों को वितरित की गई और स्वास्थ्य कर्मियों पुलिस व मीडिया कर्मियों को भी वितरित की जाएगी जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने इस दवा की उपयोगिता व प्रयोग विधि की जानकारी दी

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी केवल ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन दूरदर्शन केंद्र शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश में एसिस्टेंट वैबसाईट एडिटर और वैबसाईट एसिस्टेंट का पैनल तैयार करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन में डिग्री और मीडिया क्षेत्र में कार्य का अनुभव अनिवार्य है जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन में डिग्री व डिप्लोमा कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं